हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सरकार की रीढ़ है जितना वे मज़बूत होंगे कानून व्यवसथा भी उतनी ही मजबूत रहेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई चुनौतियों से बचाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने विश्वास दिलाया है कि येस बैंक के खाताधारकों की जमा पूंजी सुरक्षित है और भारतीय रिज़र्व बैंक इस मामले की शीघ्र निपटान के लिए काम कर रहा है संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हये श्रीमती सीतारमन ने कहा कि उठाये जा रहे कदम खाता धारकों बैंको एवं अर्थव्यवस्था के हित में है

श्रीमती सीतारमन ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर ने विश्वास दिलाया है कि किसी खाता धारक को कोई नुकसान नहीं होगा उधर भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने भी आज येस बैंक के मामले के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया को काफी आसान किया गया है मुख्यमंत्री आज ग्रूग्राम में आयोजित प्रलिस अधीक्षक सममेलन के समापन पर प्रलिस अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी सरकार की रीढ़ होते है जितना वे मजबूत रहेंगे कानून व्यवस्था भी उतनी ही मज़बूत रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के ठीक काम का सीधा लाभ लोगों को होता है लोगों के काम समय पर होते है तो एक अच्छा संदेश जाता है उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन होता रहना चाहिए इनमे विचारों के आदान प्रदान का मौका मिलता है

इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के जो मामले सामने आये है वो गुरूग्राम में ही है सरकार ने स्वास्थ्य विभागको सर्तक रहने और अस्पतालों पर पूरे इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिये है इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है हरियाणा के कद्दावर नेता और प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले मांगे राम गुप्ता का आज देहांत हो गया जींद में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया उनकी अंतिम यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला सहित स्थानीय बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी एवं कई नेता शामिल हये और दिवंगत आत्मा को श्रदांजलि अर्पित की

इस मौके पर मीडया से बात करते हये उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के पूर्व मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

चल रहे आज चंडीगढ़ में जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री ग्र्ता को श्रद्वांजलि देते हए कहा कि वे एक कर्मठ नेता थे और उनके निधन से जो क्षति हई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला ने भी राज्य के पूर्व मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री चौटाला ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है

आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीवा कुमार ने बताया कि एक अस्पताल में रखे गये इस रोगी की हालत अब स्थिर है उन्होंने बताया कि ये मरीज़ थाईलैंड व मलेशिया की यात्रा कर चुका है श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डो पर व्यापक जांच अनिवार्य कर की दी गई है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों से बचाये रखने के लिए हर संभव उपाय करेगा

मुम्बई में एक समारोह को सम्बोधित करते हये गवर्नर ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस महामारी से उत्पन हुई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा ने आज न्यायमूर्ति एस म्रलीधर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के अलावा रजिस्ट्रार वरिष्ठ अविवक्ता और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित हो जन शिक्षण संस्थान चंडीगढ़ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करवाया गया चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर श्रीमती राज बाला मलिक ने कार्यक्रम में मुख्याथिति के तौर पर शिरकत की मेयर द्वारा इस संस्थान के अपने अपने कोर्स पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे गये इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया नाबार्ड के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज चंडीगढ़ में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य मं एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जे के पांडे ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा प्रायोजित महिला स्वयं सहायता समूहों और बैंक सखियों द्वारा लोक लोक संगीत एवं नृत्य भी पेश किये गये

पकड़े गये आरोपी की पहचान गांव बादलगढ़ के क्लविंदर के रूप में ह्ई है पुलिस के अनुसार ये आरोपी दिल्ली से एक नाईजीरियन से हेरोइन लेकर आया था पुलिस इस मामले की जांच कर रही है आशा वर्करों ने आज भिवानी में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया इस दौरान आशा वर्करों ने गिरफ्तारियां दी और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा आशा वर्करों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन किया जाएगा